भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की प्रदेश में चौतरफा निंदा जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार लोगों की टीसीपी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए कर रही है निर्णायक प्रयास प्रदेश कांग्रेस के केन्द्रीय प्रभारी राजीव शुक्ला का ब्लॉक अध्यक्षों से पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आहवान

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया

नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और उर्जा की कम खपत वाला होगा नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा इस मौके पर विभिन्न धर्म गुरूओं ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन समारोह में भाग लिया निंदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हिंसक हमले की कड़ी निंदा की है मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस की आगामी चुनावों में संभावित हार से उपजी हताशा का प्रतीक है उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बताते हुए कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि आज हुए हमले के गंभीर परिणाम ममता सरकार को भुगतने पड़ेंगे

सुरेश भारद्वाज आज रोहड् उपमण्डल की टिक्कर पंचायत के जुगांदली में हुए अग्निकांड से प्रभावित परिवारों का हाल चाल जानने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि टिक्कर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित होने से पुजारली बाघी और खड़ा पत्थर तक के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा उन्होंने कहा कि जुगांदली अग्निकांड में प्रभावित परिवारों को राहत मैनुअल के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा

साधना ठाकुर प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा है कि रेडक्रॉस सोसाइटी लोगों को कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के प्रति लगातार जागरूक कर रही है साधना ठाकुर आज शिमला के रिज मैदान पर राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आम जनमानस के लिए स्वच्छता किट और साबुन वितरण कार्यक्रम के मौके पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवियों के माध्यम से गरीब तथा पीड़ित मानवता की सेवा के साथ साथ मास्क व सैनिटाईज़र साबुन पीपीई किट सूखा राशन दवाईयां और अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है जागरूकता अभियान किन्नौर जिला के कल्पा के एसडीएम अविनेंद्र कुमार ने हिम सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए आज एक जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि ये वैन सांगला तहसील के गांव गांव जाकर लोगों को इस महामारी के बारे में जानकारी देगी और बचाव से संबंधित प्रचार सामग्री भी लोगों में बांटी जाएगी दूसरी ओर सोलन जिला के रबौन व्यापार मण्डल ने आज कस्बे में जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए और उन्हें दो गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करने के बारे में भी जागरूक किया

बोर्ड के एक प्रवक्ता ने शिमला में ये जानकारी देते हुए कहा कि अभ्यार्थी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा की वैबसाईट पर अपना परिणाम जान सकते हैं

महेन्द्र सिंह ठाक्र जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों की टीसीपी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णायक प्रयास कर रही है इसके लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी पहले ही प्रदेश के सभी प्लानिंग और विशेष एरिया का दौरा कर जनसुनवाई कर चुकी है कमेटी ने कुछ क्षेत्रों को टीसीपी के दायरे से बाहर करने से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करके और लोगों की आपत्तियां व सुझाव लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनाई है महेन्द्र सिंह ठाकुर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ आज मंडी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हुए जन भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के केन्द्रीय प्रभारी राजीव शुक्ला ने आज वर्चुअल माध्यम से पार्टी के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की शुक्ला ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को संबोधित करते हुए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया ताकि आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्षों से पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का चयन सर्वसम्मति से करने पर जोर दिया उन्होंने ये भी कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जनआंदोलन जारी रहेगा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी में अपनी विफलताओं को छुपाने और कांग्रेस के प्रश्नों से बचने के लिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया त्रिलोक कपूर प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में भी प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी त्रिलोक कप्र ने आज बैजनाथ में एक पत्रकारवार्ता में कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में विकास की गति कम नहीं हुई है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं

ये मौतें शिमला ऊना और हमीरपुर जिलों में हुई है

इस बीच भोरंज से भाजपा विधायक कमलेश कुमारी ने आज बस्सी व तरक्वाड़ी में लोगों को मास्क बांटे तथा कोरोना के बारे में जागरूकता अभियान चलाया उधर कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद एसडीएम हरोली कार्यालय को कल तक के लिए बंद कर दिया गया है

ताजा बर्फबारी के बाद इन क्षेत्रों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है

बर्फबारी के चलते मनाली केलंग मार्ग पर आज भी वाहनों की आवाजाही बंद रही

बार बार खराब मौसम और बर्फबारी के कारण घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं तथा वाहन चालकों को सड़कों पर भारी फिसलन का सामना करना पड़ रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी नए संसद भवन की आधारशिला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की प्रदेश में चौतरफा निंदा जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार लोगों की टीसीपी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए कर रही है निर्णायक प्रयास प्रदेश कांग्रेस के केन्द्रीय प्रभारी राजीव शुक्ला का ब्लॉक अध्यक्षों से पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आहवान